हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि कल के घटनाक्रम के बाद हरियाणा पुलिस हर गतिविधि पर नज़र रखे हये है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर किया

दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कल दिल्ली विशेषकर लालकिले पर हई घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन अब इसके नेताओं के नियंत्रण से बाहर हो च्का है और अपनी दिशा से भटक च्का है साथ ही उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि कल की द्खद घटनाओं के बाद अपने घरों को लौट जाएं मुख्यमंत्री ने यह बात गणतंत्र दिवस के अवसर पर हई घटनाओं के बाद कल देर सायं बुलाई गई हरियाणा मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद कही उन्होंने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल इस बात पर एकमत है कि इस समय प्रदेश की जनता मिलकर असामाजिक तत्वों के नापाक इरादों को विफल करे और देश व प्रदेश में शान्ति बनाए रखने में सहयोग दे श्री मनोहर लाल ने कहा है कि लाल किले पर राष्ट्र ध्वज के अलावा किसी और ध्वज का फहराया जाना कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसा करना उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों का अपमान है जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी इस तरह की अराजकता फैलाने के लिए नहीं दिलवाई थी मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान संगठनों ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए गहन आश्वासन दिये थे लेकिन इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि आंदोलन का नेतृत्व उन हाथों में चला गया है जिनकी कथनी और करनी में अंतर है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेदों को द्र करने की पर्याप्त गूंजाइश है इसलिए सभी मतभेदों को मिल बैठकर दूर किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिल्ली में करियपा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को सम्बोधित करेंगे इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री एनसीससी की ट्डियों दवारा मार्च पास्ट और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे इस दौरान प्रधानमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे हरियाणा के प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि दिल्ली में कल के घटनाक्रम के बाद हरियाणा प्लिस हर गतिविधि पर नज़र रख हये है और प्रदेशभर में उच्च सर्तकता रख्ने के आदेश दिये गये है जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा का प्रयास करेगा या सरकारी अथवा निजी सम्पति को नुकसान पहंचायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी श्री यादव ने कहा कि हरियाणा पुलिस हर गतिविधि पर नज़र रख रही है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है उन्होंने बताया कि कल की घटना के बाद दिल्ली ट्रैक्टर मार्च के लिए गये ट्रैक्टर कारे व बस हजारों की संख्या मे वापिस जा रहे हैं और हरियाणा के किसान भी बड़ी संख्या में धरना स्थल छोड़कर वापिस चले गये है एक प्रशन के उत्तर में उन्होंने बताया कि इंटरनेट कही भी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है केवल मोबाइल इंटरनेट को जिला झज्जर सोनीपत और पलवल में ही बंद किया गया था भिवानी के उपाय्क्त जयवीर सिह आर्य ने किसान आंदोन के चलते जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये है कि वे किसी प्रकार से गइबड़ी न होने दें और कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें

उपाय्क्त ने प्लिस प्रशासन व राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले में पड़ने वाले टोल प्लाजा पर निगरानी रखने के निर्देश दिये है और कहा कि टोल प्लाज़ा किसी तरह से अवरूत्र न हो उन्होंने कहा कि अगर कोई टोल प्लाजा अवरूदध करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जायेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच की देवोस वार्ता को सम्बोधित करेंगे

इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री म्ख्य कार्यकारी अधिकारियों साथ भी बातचीत करेंगे हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज विधायक पद से इस्तीफा दे दिया विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है काबिले गौर है कि श्री अभय चौटाला इसे पहले दो बार अपने पद से इस्तीफा दे च्के है लेकिन तकनीकी खामी के चलते उसे स्वीकार नहीं किया गया था समाचार एजेंसी हिन्द्स्थान के अन्सार कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई दिनों से ट्रैकटर रैली निकाल रहे श्री अभ्य चौटाला ने आज पंचकला में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक की बैठक के बाद वो विधानसभा पहचं जहां उनहोंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गृप्ता और उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया

कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिष्द के सहयोग से तैयार किया गया है

हरियाणा सरकार दवारा प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में प ने वाले अन्सूचित जाति के विद्यार्थियों को निश्ल्क प्स्तकें उपलब्ध करवाई जायेगी